इसमें सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा इसके लिये राज्यों में निजी अस्पतालों से करार किया गया है अभी तक आठ हजार अस्पतालों से ये करार हो चुका है बीपीएल कार्ड धारक सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की सूची में शामिल लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा योजना के लिये सूचीबद्व अस्पताल यदि इलाज करने से मना करे या पैसे की मांग करे तो लाभार्थी जिला शिकायत निवारण समिति में अपील कर सकते है समिति का चेयरमैन संबंधित जिला कलक्टर को बनाया गया है

मंत्री समूह के अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जीएसटीएन के कामकाज की समीक्षा करेंगे वे अगर्ले वर्ष नए फार्म जारी किए जाने के बाद रिटर्न भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रस्तावित नए सॉफ्टवेयर के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे

उन्होंने बताया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों के लिए कर अनुपालन को अधिक सरल बनाने के विषय पर भी मंत्री समूह विचार कर रहा है

नए नियमों के अनुसार भारत के नागरिकों और अनिवासी भारतीयों को विदेशी पोर्टफोलियो के निवेश में गैर नियंत्रण के ॅनिवेश का भाग रखने की अनुमति दी गई है सेबी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के सुझावों और जनता से मिली टिप्पणियों पर विचार के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया गया

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि ये मंडिया बाडमेर जिले के धोरीमन्ना और चोहटन भीलवाडा जिले के गुलाबपुरा झालावाड जिले के डग भरतपुर जिले के कुम्हेर और प्रतापगढ जिले के पीपलखूंट और अरनोद में खोली गई है श्री सैनी ने बताया कि इन मंडियों के खुलने से किसानों को अपनी उपज को नजदीकी स्थान पर बेचने की सुविधा मिलेगी राजस्थान डिस्कॉम ने किसानों को कृषि कनेक्शन नीति में राहत देने के लिये नियमों में बदलाव किया है नये नियमों के मुताबिक किसान कटे हुए कनेक्शन को पुराने स्थान की जगह नये स्थान पर भी फिर से चालू करा सकर्ते है लेकिन इसके लिये नये स्थान पर उनका दो साल की अवधि का स्वामित्व होना जरूरी होगा डिस्कॉम अध्यक्ष आर जी गुप्ता ने इस संबंध में जयपुर जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को संशोधित निर्देश जारी किये है किसान संगठनों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है

हड़ताल के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं राज्य सरकार को करोड़ों रूपए के राजस्व की हानि हो रही है इस बीच निजी बस संचालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूले जाने के भी समचार मिल रहे है